राष्ट्रपति ने कहा देश पर सभी लोगों का बराबर का हक कहा बहुलता ही देश की ताकत

दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली राज्यस्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्चपास्ट की सलामी ली गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले एक हैड कांस्टेबल को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सोलह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया सेवा के दौरान उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर में हैड कांस्टेबल दलपत सिंह राजपूत को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में तिरंगा फहराया विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने विधानसभा भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस अवसर पर विधानसभाकर्मियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया विभिन्न जिलों से भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की खबर है

करौली के माथुर स्टेडियम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमेश चन्द्र मीणा ने तिरंगा फहराया

प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाडिया स्टेडियम में जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया

भरतपुर के पुलिस परेड मैदान में पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली

झालावाड के श्रीजीमेहमी पुलिस स्टेडियम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया पाली के बांगड स्टेडियम में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली

बूंदी को खेल संक्ल में युवा मामले और खेल विभाग के राज्यमंत्री अशोक चांदना ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया

नागौर के जिला स्टेडियम में जिला कलेक्टर दिनेश कमार यादव ने झंडारोहण किया

चूरू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली इस अवसर पर श्री मेघवाल ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों और वीरांगनाओं का सम्मान किया

नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जायेगा

इनमें झालावाड के हुकुम चन्द पाटीदार और अजीतगढ़ सीकर के जगदीश पारीक शामिल है इन दोनों को कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिये यह सम्मान मिला है

राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हाल में किये गये संवैधानिक संशोधन को महात्मा गांधी और लोगों के सपनों के भारत की ओर बढ़ने की तरफ एक कदम बताया

अदालत ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है न्यायालय का यह फैसला ऋण न चुकाने वाले प्रमोटरों के लिए झटका है जो अपनी कंपनियों पर नियंत्रण बनाये रखने का मौका पाने की उम्मीद में थे वित्त मंत्री ने इस निर्णय का स्वागत किया है

कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बैठक में स्वाईन फ्लू की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इन केन्द्रो में रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही दवा दी जायेगी उन्होंने कहा कि स्वाईन पलू के अधिक जोखिम वाले लोगों को अभियान चलाकर टीके लगाये जायेंगे बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सदस्य मौजूद थे इस बीच कल उदयपुर और डूंगरपुर में स्वाईन फ्लू से दो और लोगों की मृत्यु हो गई

यह मन की बात कार्यक्रम की इस साल की पहली कड़ी है

प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश से गेहूं सरसों और चने की फसल को फायदा पहुंचा है वहीं जिन स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है वहां फसलों को नुकसान हुआ है